मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज हुई कंडक्टर भर्ती परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में जांच के दिए आदेश

समाचार विस्तार से प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आगामी त्योहारों को देखते हुए कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए सुरक्षित दूरी बनाए रखने और महामारी के अनुरूप समुचित व्यवहार की आवश्यकता पर बल दिया है उन्होंने मास्क पहनने नियमित रूप से हाथ धोने और स्वच्छता बनाए रखने की आवश्यकता पर भी जोर दिया

इससे कोरोना वायरस का टीका तैयार करने में कोई असर नहीं पड़ेगा यह अध्ययन भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद और जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा किए गए हैं बधाई मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने डॉक्टर गौरव शर्मा को न्यूज़ीलैंड में सांसद चुने जाने पर बधाई दी है अपने बधाई संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा कि डॉक्टर गौरव शर्मा ने अपने नाम को सार्थक करते हुए विदेश में हिमाचल प्रदेश का नाम गौरवान्वित किया है गौरव शर्मा हमीरपुर के गलोड़ से संबंध रखते हैं और हाल ही में न्यूज़ीलैंड में संपन्न हुए चुनावों में सांसद चुने गए हैं जांच आदेश मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने राज्य पथ परिवहन निगम में कंडक्टरों की भर्ती के लिए आयोजित परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक होने के मामले की जांच के आदेश दिए हैं ये परीक्षा आज प्रदेश के विभिन्न केन्द्रों पर आयोजित की गई मुख्यमंत्री ने कहा कि मामले में दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी उन्होंने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित करेगी कि लिखित परीक्षाएं पारदर्शी तरीके से आयोजित की जाएं ताकि भविष्य में इस तरह की कोई घटना न हो

मण्डी जिले में धर्मपूर क्षेत्र के सजाऊ और लोंगणी में आज जनसभाओं में उन्होंने कहा कि नई पंचायतों में सभी पद भरे जाएंगे और पंचायत घर भी बनेंगे इस अवसर पर उन्होंने सजाऊ पिपलू में नव स्तरोन्नत पशु चिकित्सालय सहित लोंगणी में गोसदन की आधारशिला भी रखी

इस अवसर पर एक जनसभा में उन्होंने लोगों से जल संरक्षण को जीवन का अभिन्न अंग बनाने और वर्षा जल संग्रहण के लिए ग्राम स्तर पर एकजुट होकर कार्य करने का आहवान किया राजीव सैजल ने कहा कि वर्षा जल संग्रहण हिमाचल जैसे पहाड़ी राज्य में जल संग्रहण के लिए कारगर उपाय है राजेन्द्र गर्ग खाद्य व नागरिक आपूर्ति मंत्री राजेन्द्र गर्ग ने आज घुमारवीं विधानसभा क्षेत्र में अनेक योजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास किए इस अवसर पर उन्होंने कहा कि घुमारवीं क्षेत्र के लिए जलजीवन मिशन के तहत कोलडैम से पेयजल योजना स्वीकृत हुई है जिसका जल्द ही मुख्यमंत्री से शिलान्यास करवाया जाएगा उन्होंने कहा कि इस योजना के बनने से क्षेत्र की पेयजल समस्या का स्थायी समाधान सुनिश्चित होगा नवरात्र शारदीय नवरात्र के दूसरे दिन आज माँ दुर्गा के ब्रहमचारिणी स्वरूप की पूजा अर्चना की जा रही है इस अवसर पर प्रदेश के विभिन्न शक्तिपीठों सहित अन्य मंदिरों में माहौल भक्तिमय बना हुआ है कोरोना संकट के चलते नवरात्र पर्व के दौरान संक्रमण को रोकने के लिए मंदिरों में विशेष इंतजाम किए गए हैं इस दौरान जहां सामाजिक दूरी मास्क पहनने और साफ सफाई पर विशेष ध्यान होगा वहीं भीड़ भाड़ कम करने के लिए भी विशेष कदम उठाए गए हैं

एक सरकारी प्रवक्ता के अनुसार इसकी रोकथाम के लिए रेडियो टीवी समाचार पत्रों सहित अन्य माध्यमों से लोगों को जागरूक करने के लिए सघन अभियान चलाया जा रहा है इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय व राष्ट्रीय युवा दिवस विश्व एड्स दिवस और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर भी विशेष अभियान चलाए जाते हैं

ये जानकारी राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष सतपाल सत्ती ने ऊना के छतरपुर टांडा में सामुदायिक भवन के लोकार्पण अवसर पर दी

रेल मंत्रालय ने त्योहारी सीज़न को देखते हुए ये निर्णय लिया है शिमला रेलवे स्टेशन के अधीक्षक प्रिंस सेठी ने बताया कि कोरोना से बचाव के लिए ट्रेन को सैनिटाइज़ किया जाएगा कोरोना दिशा निर्देशों व प्रोटोकॉल को तहत ट्रेन के लिए पंजीकरण किया जाएगा

इन केन्द्रों में हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर का लुहणू खेल परिसर भी शामिल है खेल मंत्रालय के अनुसार इन केन्द्रों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं दी जाएंगी और खेल प्रतिभाओं को भारत के ओलंपिक सपनों को आगे बढ़ाने के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा अग्निहोत्री विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने राज्य सरकार से अटल टनल रोहतांग स्थल पर उद्घाटन पट्टिका के साथ शिलान्यास पट्टिका को भी बिना देरी के स्थापित करने का आग्रह किया है ऊना ज़िले के कांगड़ में एक जनसभा में उन्होंने कहा कि भाजपा सुरंग निर्माण का श्रेय लेने का प्रयास कर रही है जबकि सुरंग का कई किलोमीटर तक का काम यूपीए कार्यकाल में हुआ है अग्निहोत्री ने सरकार से पंचायत व शहरी निकायों के चुनाव समय पर करवाने की भी मांग की है

राज्य में संक्रमण से ठीक होने की दर में भी वृद्धि लगातार जारी है